महात्मा गांधी ने तीन अक्टूबर उनीस सौ सैंतालीस को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रगट किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कौशल विकास वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है प्रधानमंत्री कल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की वस्त्र परंपरा पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए हम ब्नकरों की मदद कर रहे हैं इसके लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और घरेलू स्तर पर यह रोजगार प्रदान करने का सबसे अच्छा क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा क्षेत्र ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री ने कहा कि द्नियाभर में कपड़ा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाए काम करती हैं और इससे महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को बल मिला है

इसके साथ ही अब तक राज्य में छियासी दशमलव चार सात प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

राजधानी रांची के इकसठ केन्द्रों पर आज यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गयी है पहले सत्र की परीक्षा सुबह नौ बजकर तीस मिनट से ग्यारह बजकर तीस मिनट तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दो बजकर तीस मिनट से चार बजकर तीस मिनट तक होगी सभी परीक्षा केन्द्रों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश मिलेगा

घर जाने से पूर्व उन्हें होम क्वॉरेंटाइन और कोरोना से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष सदर अस्पताल कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में जानकारी दी गई कोरोना महामारी में ऋण की ईएमआई पर छह महीने की छूट के दौरान दो करोड़ रुपये तक ऋण के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा इस पर केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सहमति जताई है इसके पूर्व कोर्रोना महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को किस्त चुकाने में छह महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था सरकार द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने के प्रावधान पर छोटे उद्योगों को तीन दशमलव सात लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी छोटे ऋण लेने वालों को आठ श्रेणियों में बांटा गया है इनमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग शिक्षा आवास उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रेडिट कार्ड भुगतान वाहन व्यैक्तिक और उपभोग ऋण शामिल हैं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

इस दौरान सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा इसके साथ कल सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है मंत्री हाजी हसैन का निधन कल दिल का दौरा पड़ने से रांची के मेदांता अस्पताल में हो गया कोरोना से संक्रमित होने के बाद इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था श्री अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे वर्ष उन्नीस सौ पंचानबे में पहली बार उन्होंने देवघर के मधुपुर से विधायक का चुनाव जीता था केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हाल में पारित किए गए कृषि कानूनों से हमारे किसान दशकों पुराने बंधनों से मुक्त होंगे और वे अपनी उपज अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सकेंगे इससे देश के कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास का रास्ता तैयार होगा श्री गोयल ने कहा कि किसानों का सशक्तीकरण इस सरकार की प्राथमिकता है जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कृषि सुधार अधिनियम से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी साथ ही आने वाले समय में उनकी आय द्गुनी हो जाएगी श्री मुंडा कल रांची में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद किसानों के पास अपनी उपज बेचने के विकल्प खुल गए हैं किसान अब चाहें तो मंडी या खुले बाजार दोनों जगहों पर अपने आनाज बेच सकते हैं इससे पहले श्री मुंडा ने रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में किसानों के साथ सीधा संवाद किया श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि नए कृषि और श्रम सुधार कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनेक लाभ होंगे पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की आजादी देना है इससे किसान बेहतर मूल्यों पर अपने उत्पाद अन्य राज्यों में भी बेच सकेंगे श्री गंगवार ने ऐतिहासिक श्रम कानूनों की भी चर्चा करते हुए कहा कि इन सुधारों से श्रमिक आत्मनिर्भर बनेंगे इससे श्रम क्षेत्र में स्त्री पुरुष समानता आएगी तथा उद्योग और श्रमिकों के सक्षम होने से कारोबार करना भी सुगम होगा कोडरमा जिले में कोरोना संकट के बीच लोगों को गांव में ही रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत बोले मजदूर रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है

कोयले की ढुलाई वाले सभी सड़कों पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है

इधर डंप कोयले में आए दिन आग लगने की घटना हो रही है कल भी नगड़ी स्थित क्रस्ट डंप में आग लगने की घटना हुई जिसे अग्निशामक वाहन द्वारा बुझा दिया गया

गढ़वा जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की शुरुआत कल की गयी जिले के उपविकास आयुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

वहीं अब्रधाबी में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से हरा दिया

अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज के अधिकतर अखबारों ने राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हाजी हुसैन अंसारी के निधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं हाथरस कांड पर सीबीआई जांच और बिहार चुनाव की खबरों को भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा अटल सुरंग के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने महागंठबंधन में सीटें बंटी वीआईपी बाहर के शीर्षके के साथ बिहार चुनाव की खबर पर जानकारी दी है दैनिक भास्कर ने फिल्म अभिनेता सुशांत की मौत हत्या नहीं यह पूरी तरह से आत्महत्या की शीर्षक के साथ एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को पहले पन्ने की खबर बनाया है दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर बिहार में तेजस्वी यादव होंगे सीएम का चेहरा शीर्षक के साथ इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर झारखंड में नब्बे फीसदी अनुदान पर गाय वितरण की योजना पर लगी रोक की खबर को जगह दी है टाईम्स ऑफ इंडिया ने हाथरस की घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई जांच के फैसले को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई है हिन्दुस्तान टाईम्स ने भी झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के निधन की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है